चन्द्रयान टू के चन्द्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद आज बंगलुरू में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सिवन ने कहा कि यह बह्त बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर सिवन ने कहा कि लैंडर विक्रम दो सितम्बर को ऑरबिटर से अलग हो जायेगा और चार सितम्बर को लैंडर चन्द्रमा की सतह के सबसे नजदीक पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जायेगा तीन दिन बाद सात सितम्बर को रात एक बजकर चालिस मिनट पर यान के चन्द्रमा की सतह पर उतरने का क्रम शुरू होगा तड़के चार बजे रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चन्द्रमा की सतह को स्पर्श करेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयात पर निर्मरता कम करने और सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता में सुधार के लिए रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है श्री सिंह आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की योजनाओं के विषय पर एक संगोष्ठी में बोल रहे थे उन्होंने रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने पर भी जोर दिया रक्षामंत्री ने भारत में रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र को जोड़ने के प्रयास जारी हैं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मी अब साठ साल की आयू में सेवानिवृत्त होंगे गृहमंत्रालय ने कल जारी आदेश में इन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आय को लेकर व्याप्त खामियां दूर कर दी चार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में सिपाही से तेकर कमांडेट पर तक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु अब तक सत्तावन वर्ष थी गृहमंत्रालय के इस आदेश के साथ ही सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी पदों के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु एक समान साठ वर्ष कर दी गई है उच्चतम न्यायालय फेस बुक कम्पनी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है जिसमें कंपनी ने कहा है कि मद्रास बम्बई और मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालयों में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़ने की उपभोक्ताओं की मांग से संबंधित लम्बित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाये शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार गूगल ट्वीटर यू ट्वूब और अन्य को नोटिस भेजकर तेरह सितम्बर तक जवाब देने को कहा है न्यायालय ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जायेगा तमिलनाडु सरकार ने कल शीर्ष अदालत को बताया था कि फर्जी अपमानजनक राष्ट्र विरोधी और आतंकी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उपमोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़े जाने की आवश्यकता है फेसब्क कम्पनी राज्य सरकार के सुझाव का इस आधार पर विरोध कर रही है कि बारह अंकों की आधार संख्या वाली विशिष्ट बॅयोमेट्रिक पहचान को साझा करने से उपभोक्ताओं की निजता नीति का हनन होगा कम्पनी ने कहा कि वह आधार संख्या को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर सकती क्योंकि वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया साइट पर मेजे गए संदेश सिर्फ भेजने और पाने वाले दोनों पक्षों तक ही सीमित रहते हैं और उसे स्वयं उनकी जानकारी नहीं होती है केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि दो हजार बाईस तक सभी को आवास देने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने और लक्ष्य की प्राप्ति एक से दो वर्ष में हो जायेगी ये आज नई दिल्ली में दो हजार बाईस तक सभी को आवास के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पचास खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लिए दस से बारह प्रतिशत विकास दर की आवश्यकता है और ये रीयल एस्टेट क्षेत्र से हासिल किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी शेयरधारकों और निर्माण उद्योग को आगे आना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मन की बात सवेरे ग्यारह बजे से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की यह तीसरी कड़ी होगी राज्यसमा के उप निर्वाचन में नीरज शेखर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है पूर्व प्रघानमंत्री चन्द्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो गये थे जिसकी वजह से यह सीट खाली हो गई थी भाजपा ने इस उप चुनाव में श्री शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की है यह दिन साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिए सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अगुवाई में अनेक संसद सदस्यों ने संसद भवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की